ग्राम पंचायतों के अब तक सात हजार सात सौ सत्रह परिणाम घोषित किए जा च्के है जिसमें से भाजपा को छह हजार बासठ इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को आठ सौ बानवे कांग्रेस को तीन सौ अट्ठासी एनपीपी को एक सौ निन्यानवे जेडीयू को एक सौ अड़तालीस और पीपीए को अड्डाइस जगहों पर सफलता मिली है मीडिया को च्नाव परिणामों की ताजा जानकारी देते हूए राज्य चुनाव आयोग के सचिव न्याली एते ने बताया कि केवल चार जिलों अपर सुबनसिरी लोअर दिबांग वैली तिरप और लौंगडिंग से च्नाव परिणाम प्राप्त होने बाकी है जिला पंचायत सदस्यों की जानकारी देते हए श्री एते ने कहा कि अब तक दो सौ अड्डाइस परिणाम घोषित हो चुके है जिसमें से बीजेपी को एक सौ उन्यासी वही इंडीपेंडंट को बीस और जे डी यू और कांग्रेस को दस दस एन पी पी को छह और पीपीए को तीन स्थानों पर सफलता मिली है राज्य के पंचायत च्नावो में मिली सफलता के बाद पार्टी में खुशी का माहौल है वही राजधानी ईटानगर के प्रतिष्ठित नगर निगम के पद पर भाजपा अपने पार्षद की जीत के प्रति आश्वस्त है वही ग्राम पंचायतो और जिला परिषदों की सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत को पार्टी अपने सरकार के विकास के लिए किए गए कामकाज के प्रति लोगो का समर्थन मान रही है वही म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने पंचायत च्नावों में भाजपा को मिली भारी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लोगो के समर्थन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए म्ख्यमंत्री ने कहा कि ईटानगर और पासीघाट के निगम च्नावों में भी उनकी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा श्री खांड् ने कहा कि एन पी पी के अध्यक्ष और मेघालय के म्ख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनके कॉर्पोरेटर एन डी ए का समर्थन करेंगे राज्य के पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने पंचायत चुनाव के सफलता प्र्वक सम्पन्न होने पर च्नाव कर्मीयों और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है

राज्य के किसी भी संस्थान की और से पहली बार ई कैलेंडर जारी किया गया डिजिटल कैलेंडर का लोकर्पण करते हए म्ख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा के कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए इस साल उठाएं गए अनेक कदमों की सराहना करते हए कहा कि डिजिटल कैलेंडर न सिर्फ राज्य के लोगो को जोड़ेगा बल्कि द्रनियाभर के लोग खासकर अरुणाचल यात्रा करने के उत्सुक पर्यटक स्थानीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे समारोह को संबोधित करते हए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पी डी सोना ने कहा कि इस कैलेंडर की खासियत यह है कि एक क्लिक के जरिए सिर्फ तारीख के बारे में नही बल्कि राज्य की परंपरा संस्कृति और पर्व की भी जानकारी मिलती रहेगी जो पर्यटको के लिए मददगार होगी उन्होंने कहा कि विधानसभा के कामकाज को और क्शल बनाने के लिए आने वाले साल में कई कदम उठाए जा रहे है जिसमें विधायको को डिजिटल किट भी उपलब्ध कराया जाना शामिल है इस अवसर पर राज्य सभा के सदस्य नाबम रिबिया सहित विधानसभा के अनेक सदस्य उपस्थित थे

आकाशावाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरणें दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनगिनत मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस भावना को जिंदा रखना है और इसे आगे बढ़ाना है

अरुणाचल फिल्म फेस्टवल के सातवें संस्ककरण का वर्य्अल माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य फिल्म पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रदेश के फिल्म उदयोग को एक नई ऊर्जा मिलेगी कोविड महामारी के चलते फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल दवारा आयोजित दो दिवसीय आनलाईन फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न श्रेणियों में चालीस फिल्मे प्रदर्शित की जाएंगी